आकाशवाणी लखनऊ

राज्यपाल रामनाईक तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने जताया शोक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति के प्रति हमेशा से वचनबद्ध रहा है आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्म सम्मान और संप्रभुता से समझौते की कीमत पर ऐसा हरगिज नहीं किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि बीसवीं शताब्दी में दो विश्व युद्धों में एक लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने शांति के लिए एक ऐसे युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था उन्होंने कहा कि भारत की नजर कभी भी किसी की धरती पर नहीं रही

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सैनिक भेजने के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है हमारे बहादुर सैनिकों ने नीला हेलमेट पहनकर पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है

देश में अलग अलग स्थानों पर हमारे सशस्त्र बलों ने एक्सहिबिशनंस लगाये पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है

प्रधानमंत्री ने वायु सेना में स्त्री पुरुष समानता सुनिश्चित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अपने सभी विभाग महिलाओं के लिए खोल कर वायु सेना ने एक मिसाल कायम की है

भारत गर्व से कह सकता है कि भारत की सेना में सशस्त्र बलों में पुरुष शक्ति ही नहीं स्त्री शक्ति का भी उतना योगदान बनता जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सफलता की कहानी बन चुका है और सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है प्रधानमंत्री ने विशेष अवसरों पर लोगों से खादी और हथकरघा उत्पादों की खरीद के बारे में भी सोचने को कहा जिससे अनेक ब्नकरों को लाभ होगा आकाशवाणी समाचार लखनऊ द्वारा आज रात आकाशवाणो पर मन की बात कार्यकम मं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम सम्बोधन पर एक विशेष परिचर्चा का प्रसारित किया जायेगा इसे रात आठ बजकर पन्द्रह मिनट से आकशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकेगा उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोवेव ने आज अपनी पत्नी के साथ आगरा पहुंच कर ताजमहल का दीदार किया आगरा पहुंचने पर उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति का स्वागत किया जिसके बाद वह ताजमहल देखने गये और आधे घंटे तक वहां मौजूद रहे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

भारत ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के मौजूदा खतरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सीमापार आतंकवाद से पीड़ित है

विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकाल कर उन्हें महिमा मंडित करती है ऐसी करतूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा इस मंच से आप सबको अपील करती हूं कि आतंकवाद की परिभाषा पर सर्वसम्मति बनाकर जल्दी से जल्दी हम सीसीआईटी को पारित करें श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के पक्ष में है लेकिन पड़ोसी देश भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं रोक रहा है श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए कई पहल की हैं जिनसे सतत विकास लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल मौलिक सुधारों का आहवान किया है विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को यह बात स्वीकार करनी होगी कि संस्था में ये सुधार केवल ऊपरी तौर पर नहीं होने चाहिए उन्होंने मौजूदा समय के अनुरूप व्यापक सुधारों पर बल देते हुए कहा कि ये आज से ही शुरू होने चाहिए लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार वर्मा का आज लखनऊ में निधन हो गया कई बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके राम कुमार वमा का लखनऊ के एक अस्पताल में लम्ब समय से इलाज चल रहा था राज्यपाल श्री रामनाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पाण्डेय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने श्री वर्मा के निधन पर गहरा दूःख व्यक्त किया है लखनऊ में कल एपल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या की घटना के बाद जहां जांच की कार्रवाई तेज की गई है वहीं पुलिस महानिदेशक ने ज़िलों में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के बारे में जागरूक बनाने के लिए पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित करने के निर्देश दिये हैं प्रलिस महानिदशक द्वारा जारी एक विज्ञप्ति मे कहा गया है कि जब भी किसी पुलिसकर्मी द्वारा गैरकानूनी काम किया गया है तो उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही की जाती है प्रेस नोट में बताया गया है कि पिछले लगभग नौ महीनों के दौरान राज्य में गैर कानूनी कार्य करने पर दो सौ उन्नीस प्रलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया तथा दस पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है

इसका उद्देश्य देश में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देना है एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय ने मदर बोर्ड कोटिंग मशीन पीसीबी असैम्बली लोडर और अनलोडर जैसे कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट का फैसला किया है